प्रदेश में पैक्स चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है तेरह दिसम्बर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान बीस बैठकें होंगी शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है श्री मोदी ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे इस सत्र को पिछले सत्र जितना ही सफल बनाए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सजग रखती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा बोर्ड की लखनऊ में हुई कार्यकारी बैठक में यह फैसला किया गया बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सही बात के लिए लड़ना उनका अधिकार है उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर मुसलमान फैसले पर पुनर्विचार चाहते हैं बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के कई बिन्दुओं पर आपत्ति की है बोर्ड का कहना है कि फैसले के बाद निर्धारित तीस दिन के भीतर याचिका दायर कर दी जायेगी बोर्ड ने कहा कि मस्जिद के लिए कोई अन्य स्थान या जगह स्वीकार नहीं होगी श्री जिलानी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मुसलमान समुदाय के कई मुद्दों को अनदेखा किया है इस मामले में केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले ही कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जायेगी न्यायमूर्ति एसए बोबडे आज भारत के सैंतालीसवें प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह साढ़े नौ बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे न्यायमूर्ति बोबडे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लेंगे जो कल सेवानिवृत्त हो गए न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल तेइस अप्रैल दो हजार इक्कीस को समाप्त होगा वे ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे प्रदेश में पैक्स चूनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी हो गयी है इस चरण के तहत एक हजार तीन सौ तैंतालीस पैक्स के चुनाव होने हैं मतदान पन्द्रह दिसम्बर को होगा इस चरण के लिए नामांकन पर्चे भरने का काम दो दिसम्बर से शुरू होकर चार दिसम्बर तक चलेगा नामांकन पत्रों की जांच पांच और छह दिसम्बर को होगी जबकि आठ दिसम्बर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं बिस्कोमान पटना में बाईस नवम्बर से पैंतीस रूपये प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री करेगा बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए पन्द्रह सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल लगाये जायेंगे श्री सिंह ने कहा कि लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान से पच्चीस ट्रक प्याज मंगाया जा रहा है एक व्यक्ति को अधिकतम दो किलो प्याज दिया जायेगा केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि कोईलवर में बन रहे नये पुल का नामकरण महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर किया जायेगा भोजपुर जिले के वसंतपुर में वशिष्ठ नारायण सिंह के परिजनों से मुलाकात के दौरान श्री सिंह ये घोषणा की उन्होंने महान गणितज्ञ के नाम पर संग्रहालय और प्रस्तकालय निर्माण के लिए दस कट्ठा जमीन उपलब्ध कराने की भी बात कही भारत और नेपाल पुलिस समन्वय समिति की सुपौल के वीरपुर में हुई बैठक में सीमा क्षेत्र में शराब मवेशी और ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने के लिए हर संभव उपाय करने पर सहमति बनी सुपौल के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेपाल से हो रही शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए नेपाल पुलिस से सहयोग मांगा गया नेपाल के सुनसरी के एसपी ने बताया कि सीमा पर चलने वाली नेपाली शराब की दुकानों को सीमा से दूर स्थानांतरित कर दिया गया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश में धान खरीद को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य खाद्य निगम को पैक्स या व्यापार मंडल से चावल खरीदने के तीन दिन के अन्दर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है विभाग ने क्रय एजेंसी को किसी भी मिल को उसकी क्टाई क्षमता के अन्रूप ही धान देने का निर्देश दिया है अगर क्षमता से अधिक धान दे दिया गया और मिल कुटाई नहीं कर सका तो इसकी जिम्मेदारी मिल मालिक के साथ साथ खरीद एजेंसी की होगी बिहार राज्य आवास बोर्ड मुजफ्फरपुर गया और आरा में लंबित पड़ी आवासीय परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन योजनाओं को डीपीआर तैयार हो चुका है और दिसम्बर में निविदा की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी पश्चिम चम्पारण स्थित वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप लगाने का काम शुरू हो गया है पहले चरण में वन प्रमंडल दो के वन क्षेत्र में साढ़े चार सौ कैमरा ट्रैप लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस काम में भारतीय वन्य जीव संस्थान सहयोग कर रहा है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया है नई व्यवस्था के तहत जिन विषयों में प्रयोगिक परीक्षा नहीं होती है उनमें अब छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के भी अंक जोड़े जायेंगे दसवीं कक्षा के छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए अब हर विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा को मिलाकर तैंतीस प्रतिशत अंक लाने होंगे जबकि बारहवीं के छात्रों के लिए प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा के साथ ही आंतरिक मूल्यांकन में भी अलग अलग तैंतीस प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत बंगरा में पिछले दिनों एक मध्याहन भोजन निर्माण केन्द्र में हुये बॉयलर विस्फोट मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है मध्याह्न भोजन निर्माण एजेंसी के अध्यक्ष को मुख्य आरोपी बनाया गया है पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में बिना लाइसेंस बॉयलर का इस्तेमाल करने का आरोप है औरंगाबाद जिले में मदनपूर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव के पास देर शाम अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी मृतक मुर्तजा अली राजद के नेता बताये जाते हैं पश्चिम चम्पारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ग्यारह लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है मुंगेर जिला पुलिस ने पिछले छत्तीस घंटों के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों से तीन सौ छब्बीस अपराधियों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा और अहियापुर थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है आयुष्मान भारत योजना में बिहार और यूपी पिछड़े दैनिक जागरण ने लिखा है अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका करने को लेकर मुस्लिम पक्ष दो फाड़ दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना दूसरा सबसे प्रदूषित शहर हवा में अब भी जहर प्रभात खबर ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है गरीबी और बीमारी के खिलाफ बिहार की प्रगति शानदार दैनिक आज की सुर्खी है नियोजित शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफओ का लाभ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान द्वारा एनडीए संयोजक की नियुक्ति की मांग को राष्ट्रीय सहारा ने बड़ी खबर बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है

प्रदेश में पैक्स चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी